और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में हुई बारिश

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी तो भारत कश्मीर के उन हिस्सों पर बात करेगा जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है श्री सिंह ने हरियाणा में आज एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही बाईट राजनाथ सिंह जो आतंकवाद और संरक्षण देने पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी घरती पर कर रहा है जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है और आगे भी जो बातचीत होगी पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी और किसी मुद्दे पर नहीं रक्षामंत्री ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को हटाये जाने की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र पर अमल कर रही है मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है गौरतलब है कि कल रात उन्हें गिरफ्तार करने गयी पुलिस को चकमा देकर अनंत सिंह फरार हो गये थे पटना जिले के बाढ़ स्थित लदमा में अनंत सिंह के मकान से पुलिस ने एके सैंतालीस राइफल दो हैण्ड ग्रेनेड और कारतूस भी बरामद किया है पुलिस ने मकान के केयरटेकर सुनील राम को गिरफ्तार किया है सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि केयरटेकर से पुलिस को अनंत सिंह के बारे में बड़ी जानकारी मिल सकती हैं बाढ़ के ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र ने बताया है कि विधायक के यहां से मिले हथियारों के नम्बरों को अलग अलग जांच एजेंसियों को भेजा गया है श्री मिश्र ने बताया कि एनआईए भी इस मामले में जल्द जांच कर सकती है अनंत सिंह पर यूएपीए की धारा तेरह के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बाढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है संसद से संशोधित यूएपीए एक्ट में अनंत सिंह पहले आरोपी बने हैं वहीं विधायक के घर से बरामद हैण्ड ग्रेनेड को एटीएस की टीम ने निष्क्रिय कर दिया है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में बाढ़ और सूखाड़ की स्थितियों पर विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की विडियो कॉफ्रेसिंग के द्वारा हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को वैकल्पिक फसलों की ब्रआई के साथ प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने का भी निर्देश दिया श्री कुमार ने कहा कि सुखाड़ से फसलों को बचाने के लिए पहले ही डीजल अनुदान की राशि पचास रुपये से बढ़ाकर साठ रुपये कर दी गयी है इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव एनश्रवण कुमार ने बताया कि चालू खरिफ मौसम में अब तक साढ़े पचीस लाख हेक्टेयर में रोपणी हो चुकी है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पिछले तीन चार सालों से लगातार सूखे से प्रभावित पंचायतों और प्रखंडों में वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना बनाने को भी कहा है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपीसिंह ने कहा है कि पार्टी को संगठित करने के लिए पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई जाएगी श्री सिंह आज पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे यह बैठक पार्टी के सांगठनिक चुनाव के लिए बुलाई गयी थी बैठक में पार्टी के सभी निर्वाची पदाधिकारी और अन्य अधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे इस अवसर पर आरसीपीसिंह ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है देश के सबसे व्यस्ततम मार्गो में से एक दिल्ली हावड़ा के बीच एक नया रेल मार्ग बनाया जायेगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने टिवट कर बताया है कि इस ट्रैक पर एक सौ साठ किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेने चलेंगी इससे दिल्ली से कोलकाता तक का सफर सत्रह घंटों की जगह मात्र बारह घंटे में तय हो सकेगा मिशन रफ्तार के तहत अगले चार सालों में नया ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा सासाराम स्टेशन पर चल रहे तकनीकी कार्यों के कारण यहां से गूजरने वाली आठ जोड़ी ट्रेनें अस्थाई तौर पर चौबीस अगस्त से तीन सितंबर तक रद्द रहेंगी वहीं पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन पच्चीस अगस्त से अठाईस अगस्त तक नहीं होगा उद्योग मंत्री श्याम रजक नें कहा है कि मुजफ्फरपुर में जल्द ही टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी श्री रजक ने आज मुम्बई में टाटा मेमोरियल अस्पताल के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बिहार से आने वाले मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत मुहैया कराए जा रहे लाभ पर भी चर्चा की पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में घोघा चुनने गई चार बच्चियों की गहरे पानी मे डूबने से हुई मौत हो गई ग्रामीणों के सहयोग से प्रलिस ने सभी शवों को निकाल लिया है इधर अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के खैरखा गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई झारखंड से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो रही है पटना नालंदा अरवल जहानाबाद सारण रोहतास और कैमूर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है इस दौरान सुपौल में तीन सेंटीमीटर कटिहार पटना भभुआ जमुई और मखदुमपुर में दो दो सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेश के अधिकांश भागों में आकाश मेघाच्छादित रहेगा और कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है इधर रोहतास और बांका जिले में पिछले चौबीस घंटों में बारिश के दौरान वजपात से चार लोगों की मौत हो गयी है राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि नालंदा के धरोहरों को संरक्षित करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता है राज्यपाल आज नालंदा के एक दिवसीय दौरे पर विश्व शांति स्तूप के भ्रमण के बाद अधिकारियों से बात कर रहे थे उन्होंने नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों हवेनसांग मेमोरियल और भारतीय पुरातत्व संग्रहालय का अवलोकन किया इसके बाद उन्होंने पावापुरी स्थित जलमंदिर का भी दर्शन किया इस अवसर पर राज्यपाल ने जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी ली पवित्र हजयात्रा के बाद प्रदेश के हजयात्रियों की स्वदेश वापसी कल रात से शुरु हो गई है पहले दिन एयर इण्डिया के दो विमानों से तीन सौ हज यात्री गया एयरपोर्ट पहुंचे एयरपोर्ट पर गया के वरिष्ठ प्रलिस अधिक्षक राजीव मिश्रा और हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इलयास ने हाजियों को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर आने पर परिवार के लोगों ने भी गले लगाकर उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर हाजियों की वापसी का यह सिलसिला सत्ताईस अगस्त तक चलेगा मोतिहारी में पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली कामेश्वर राम को गिरफतार किया है अपर पुलिस अधीक्षक हिमांशु गौरव ने बताया कि गिरफतार नक्सली चम्पापुर के पूर्व मुखिया शिवजी सिंह हत्याकांड सहित कई मामलों में वांछित था पश्चिम चम्पारण जिले के मनुआपुल ओपी क्षेत्र के बेतिया लौरिया राजमार्ग पर ट्रक की ठोकर से मोटरसाईकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई शिवहर से मुजफ्फरपुर जा रही एक बस के चालक का वाहन से नियंत्रण खो जाने के कारण गड्ढे में पलट गयी इस दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गये आरा में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मनीष सिंह और एक अन्य को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है बेगूसराय खगड़िया भागलपुर और शिवहर जिले में ऑपरेशन नकेल के तहत अब तक तीन सौ से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी स्थित अग्निशमन कार्यालय में आपदा के समय जानमाल के बचाव पर एनडीआरएफ की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल मे बेटिकट यात्रियों के खिलाफ चलाये गये विशेष छापेमारी अभियान में चालू वित्तीय वर्ष मे नौ करोड़ रूपये से अधिक वसूल किये गये है

और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में हुई बारिश